बिहार का पहला एयर शो आज दरभंगा वायु सेना केन्द्र में हो रहा है आयोजित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बाईस नवम्बर को प्रदेश के सात जिलों सहित देश के एक सौ उनतीस जिलों में पाईप लाईन के जरिए घरेलू गैस वितरण और अन्य योजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम सिटी गैस वितरण योजना के तहत पटना रोहतास गया औरंगाबाद कैमूर नालंदा और बेगूसराय जिले शामिल किये गये हैं योजना के अंतर्गत पाईप लाईन के जरिए घरों तक गैस पहुंचाने सीएनजी और व्यापारिक तथा औद्योगिक कार्यों के लिए ईंधन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है

उन्होंने बताया कि पटना के घरों में दिसम्बर महीने तक पाईप लाईन से गैस उपलब्ध करा दिया जायेगा वहीं अगले वर्ष मार्च महीने तक शहर में तीन सीएनजी स्टेशन भी शुरू हो जायेंगे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अगले वर्ष मार्च महीने तक पूरे प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है श्री मोदी ने इसके लिए सभी निकायों को मिलकर काम करने की अपील की है उपमुख्यमंत्री पटना में विश्व शौचालय दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे

श्री मोदी ने कहा कि वर्ष दो हजार चौदह में जहां बिहार के बाईस प्रतिशत घरों में शौचालय था वहीं पिछले चार साल में बयासी प्रतिशत से अधिक घरों में छियासी लाख शौचालय बन चुके हैं उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक राज्य के ग्यारह जिले ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं राज्यपाल लालजी टंडन ने कृषि को राज्य की समृद्धि का आधार बताते हुए कहा है कि प्रदेश में कृषि का विकास तभी संभव होगा जब इससे जुड़े क्षेत्रों का समुचित विस्तार किया जाये श्री टंडन पटना के बीआईटी में ऐनकॉन दो हजार अठारह के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है राज्यपाल किसानों से पशुपालन मछलीपालन और मुर्गीपालन जैसे व्यवसायों को अपनाने की अपील की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है इस संबंध में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को पत्र लिखकर अपनी अपनी पत्नी और आश्रितों की संपत्ति का ब्यौरा जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा है बिहार का पहला एयर शो आज दरभंगा वायु सेना केन्द्र में होगा दो घंटे तक चलने वाले इस एयर शो में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की टीम सारंग आकर्षक एयर शो प्रदर्शित करेगी विंग कमांडर राजीव रंजन ने बताया कि इस एयर शो को सिंगापुर दुबई और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान प्राप्त हो चुका है उन्होंने कहा कि इस शो का उद्देश्य युवा पीढ़ी को वायु सेना में कैरियर बनाने के लिए आकर्षित करना है एयर शो के लिए वायु सेना की टीम ने लगातार तीन दिनों का पूर्वाभ्यास किया आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रही पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के साथ साथ झारखंड दिल्ली और ओडिशा में भी उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि मंजू वर्मा के बैंक खातों की जानकारियां जुटायी जा रही हैं जल्द ही उनके बैंक खातों को भी फ्रीज किया जायेगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की स्वयंसेवी संस्था सेवा संकल्प समिति के सदस्यों की पैतृक संपत्ति की जिलाधिकारी ने रिपोर्ट मांगी है अपर समाहर्ता रघुनाथ चौधरी ने इस संबंध में सभी अंचलाधिकारियों को समिति के सदस्यों की संपत्तियों की रिपोर्ट दो दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है इधर सीबीआई ने कल लगातार पांचवे दिन एसकेएमसीएच के डाक्टरों और अन्य कर्मियों से पूछताछ की वहीं जांच टीम शहर के दो ब्यूटी पार्लर की संचालिकाओं को हिरासत में लेकर भी पूछताछ कर रही है दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर की विशेष पोक्सो अदालत ने बालिका गृह यौन शोषण मामले में समाज कल्याण विभाग के दो निलंबित अधिकारियों रवि रोशन और रोजी रानी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक विद्यालय के चालीस से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है ये सभी शिक्षक बिहारशरीफ स्थित अराजकीय सोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन से प्राप्त बीएड की डिग्री पर बहाल हुए थे विभाग ने इस संस्थान से प्राप्त डिग्री को अमान्य घोषित कर रखा है प्रदेश के उच्च विद्यालयों में साढ़े चार हजार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी ये नियुक्तियां अंग्रेजी गणित और विज्ञान विषयों के लिए की जायेंगी इस संबंध में शिक्षा विभाग ने तैयार प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेज दिया है मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा आज से शुरू हो रही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इक्कीस नवम्बर की परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है अब यह परीक्षा छब्बीस नवम्बर को होगी पटना के फुलवारीशरीफ स्थित महावीर कैंसर संस्थान में मरीजों को अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी मगनदेव नारायण सिंह ने बताया कि केन्द्र ने योजना के तहत अस्पताल को संबद्धता प्रदान कर दी है

इस पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से पिछले कई सालों से इस मार्ग पर आवागमन बंद था पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र अन्तर्गत राजेश रोड में खुले नाले में गिरे दस वर्षीय बच्चे दीपक की तलाश के लिए अब सेना की मदद ली जायेगी जिला प्रशासन इस संबंध में सेना से आग्रह करेगी इधर आज लगातार तीसरे दिन भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अलग अलग टीमें बच्चे की तलाश में जुटी हुई है कूच विहार अंडर नाईनटिन क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने अरूणाचल प्रदेश के खिलाफ पहली पारी में नौ विकेट पर तीन सौ चौसठ रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में बिहार की ओर से सबसे अधिक आकाश ने एक सौ दस रन बनाये पहले दिन का खेल खत्म होने तक आमोद यादव और मलय राज क्रीज पर डटे हुए हैं राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में पूर्णियां और बालक वर्ग में पटना के खिलाड़ी विजेता बने हैं जमुई में सम्पन्न प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में पूर्णियां की गरिमा गौरव और बालक वर्ग में पटना के विवेक शर्मा ने खिताब पर कब्जा जमाया औरंगाबाद के कांग्रेस विधायक आनंद शंकर सिंह पर रंगदारी मांगने और आर्म्स एक्ट मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है लखीसराय जिले के बाइपास मोड़ के पास से पुलिस ने तीन युवकों को कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है भोजपुर जिले के आरा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदवा में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने आपसी विवाद को हत्या का कारण बताया है पटना जिले के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बयान को पहले पन्ने पर जगह देते हुए लिखा है बिहार को मार्च तक ओडीएफ करें दैनिक जागरण की सुर्खी है वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश होने का लालू प्रसाद को आदेश दैनिक भास्कर लिखता है ट्राई का नया नियम उनतीस दिसम्बर से एक सौ तीस रूपये में देख पायेंगे कम से कम एक सौ चैनल प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है इंजीनियरिंग कॉलेजों के खुलने से बिहार में रूकेगा धन राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला कल से जुटने लगे सैलानी आज की सुर्खी है रिजर्व बैंक सरकार का टकराव टला

बिहार का पहला एयर शो आज दरभंगा वायु सेना केन्द्र में हो रहा है आयोजित